मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे राज्यपाल आनंदी बने पटेल आज धार जिले में बाग प्रिंट कारीगरों से करेंगी चर्चा आज भोपाल में दिये जायेंगे ई गर्वर्नेंस उत्कृष्टता प्रस्कार प्रधानमंत्री जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विद्यार्थयों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी महत्व देना चाहिए उन्हें बाहर जाकर खेलना चाहिए यह बहत जरूरी है कल वाराणसी के नरौर गॉव में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के साथ बात करते हुए श्री मोदी ने बच्चों को सलाह दी कि उन्हें सवाल पूछने से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि र्य पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण पहलू है उन्होंने बच्चों को विभिन्न प्रकार के कौशल सीखने की सलाह भी दी

ये विभाग विद्यालयों को गुणवत्ताा के लिए मानक और कार्ययोजना उपलब्ध कराते हैं मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष पहली बार यह पुरस्कार सरकारी और अर्ध सरकारी विद्यालयों के अलावा निजी क्षेत्र के विद्यालयों को भी दिया जायेगा मेडीकल कॉलेज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिला मुख्यालय पर मेडीकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे कॉलेज में साढ़े सात सौ बिस्तरों का अस्पताल है यहां गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के उपचार के लिए अत्याध्रनिक सुविधाओं से लैस गहन चिकित्सा इकाइयां हैं इन इकाइयों में दस चिकित्सक चौबीस घण्टे अपनी सेवायें देंगे विदिशा मेडीकल कालेज के लिए मेडीकल कांउसिल आफ इण्डिया द्वारा डेढ़ सौ प्रवेश क्षमता के साथ चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति दी गई है पहले बैच के छात्रों की प्रवेश प्रकिया पूरी कर ली गई है ये मेडीकल कॉलेज शुरू होने से विदिशा के साथ ही अशोकनगर रायसेन गंजबासौदा सिरोंज लटेरी गुना और बीना के गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी बेहतर इलाज की सुविधा आसानी से मिल सकेगी राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गाँधी ने कल भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने जो वादे किये वे न केन्द्र में पूरे हुए और न ही मध्यप्रदेश में श्री गांधी ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्यापम और ई टेंडरिंग के आरोपियों को बक्शा नहीं जायेगा श्री गांधी कल एक दिन के प्रदेश दौरे पर भोपाल आये थे जहां उन्होंने भेल दशहरा मैदान में संवाद के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की तैयारियों का आगाज किया प्रदेश भर से आये पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और काम कर रहे हैं उन्हें टिकिट दिये जायेंगे टिकिट बांटने का सिर्फ एक ही नियम होगा कि प्रत्याशी जीत सुनिश्चित कर सके

भोपाल विमानतल पर पहंचने पर श्री गांधी का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सांसद ज्यातिरादित्य सिंधिया और पार्टी के अन्य नेताओं ने स्वागत किया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री गांधी की यह पहली भोपाल यात्रा थी

वे यहां मांड् स्थित स्मारकों को अवलोकन करेंगी यहां श्रीमती पटेल बाग प्रिंट कारीगरों से चर्चा करेंगी इसके साथ ही स्वसहायता समूहों और केन्द्रीय मुद्रा योजना के लाभार्थियों के साथ बैठकें भी लेंगी राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल इंदौर में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत प्रेस्टिज इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट में स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री डॉ सत्यपाल सिंह ने की राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि नवाचार अर्थ व्यवस्था के विकास की कुंजी है समाज के प्रत्येक स्तर पर नवाचार होता है उन्होंने कहा कि एक अच्छा शोध ही राष्ट्र का निर्माण करता है वहीं डॉ सतपाल सिंह ने कहा कि अटल इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन से कृषि के क्षेत्र में इंदौर और आसपास के क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा समारोह में संस्थान के प्रतिभावान छात्रा छात्राओं को अलग अलग केटेगिरी में अव्वल आने पर प्रस्कृत भी किया गया शाला सिद्वि प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पिछले वर्षों में राष्ट्रीय और राज्यस्तर पर ठोस प्रयास किये गये हैं इसी श्रृंखला में प्रदेश की पच्चीस हजार शालाओं में शाला सिद्धि हमारी शाला ऐसी हो कार्यकम लागू किया गया है इस कार्यकम के जरिए विद्यार्थियों को अच्छे वातावरण में बेहतर तरीके से सीखने के अवसर मिल रहे हैं योजना का विस्तार अब बारह हजार नई सरकारी शालाओं में करने का कार्यक्रम तैयार कर दिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को कार्यकम की सतत मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये हैं प्रदेश के सरकारी शालाओं में आईआईटी मुंबई के सहयोग से शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए खेल प्रोजेक्ट लागू किया गया है इसके माध्यम से कक्षा पहली से तीसरी तक के लिए विभिन्न विषयों पर केन्द्रित चार्ट और कार्यक्रम तैयार किये गये हैं जिससे खेल खेल में बच्चे विभिन्न विषयों के बारे में जान सकें कुलपति कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के रेक्टर प्रोआर जे राव को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का कुलपति नियुक्त किया है इसके साथ ही श्रीमती पटेल ने राज्यपाल के सचिव डीडीअग्रवाल को वर्तमान कार्य के साथ साथ आगामी आदेश तक अथवा विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति होने तक मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्विद्यालय भोपाल के कुलपति के पद का कार्य करने के भी निर्देश जारी किए है

भोपाल के नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में आयोजित एक कार्यकम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दस श्रेणियों में चौबीस विजेताओं को ये पुरस्कार देंगे इनमें सूचना प्रोद्योगिकी के उपयोग द्वारा नागरिक सेवा मे सुधार साफ्टवेयर डेवलपमेण्ट लाइफ साइकिल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूचना प्रोद्योगिकी के अभिनव प्रयोग के माध्यम से कार्यान्वित सर्वश्रेष्ठ परियोजना मोबाइल गवर्नेन्स श्रेष्ठ ई शासित जिला सर्वश्रेष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र और सूचना प्रोद्योगिकी में हिन्दी का प्रचार शामिल है समाचार संक्षेप में खरगौन में सरकारी भवनों में लगे राजनैतिक दलों या प्रचार प्रसार के बैनर पोस्टरों को हटाया जाएगा शिवपूरी जिले के कृषकों को उन्नत एवं आधूनिकी तकनीकी का उपयोग कर कम लागत में अधिक उत्पादन लेने के उद्देश्य से भ्रमण के लिए भेजा गया है भिंड के अटेर में राधा रास बिहारी मंदिर में राधाष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई

बैतूल में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित वन स्टॉप सेंटर सखी योजना का शुभारंभ हुआ सीहोर में मध्य प्रदेश पेंशनर्स समाज का एक दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन कल आयोजित हुआ